आज होगा जगह जगह होलिका दहन

अब समाचार विस्तार से हाईकोर्ट आरक्षण जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सत्ताइस फीसदी आरक्षण देने संबंधी फैसले के अमल पर रोक लगा दी है

कल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आर एस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए इस मामले में सरकार का पक्ष जाना मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी तब तक इस आदेश पर रोक जारी रहेगी जबलपुर निवासी अशिता दुबे और भोपाल की दो अन्य छात्राओं ने पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण बढ़ोतरी को असंवैधानिक बताते हुए यह याचिका दायर की थी

उधर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अदालत के आदेश पर कहा कि हम विधि विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर निर्धोरित समयसीमा में अपना जवाब पेश करेंगे कांग्रेस सूची कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए नौ उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है इस सूची में महाराष्ट्र के सात और केरल के दो उम्मीदवारों के नाम हैं पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल इन उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया

चुनाव प्रशिक्षण खंडवा जिले में लोकसभा निर्वाचन को सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी पक्षों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया है इस संबंध में आज दोपहर तीन बजे से सूचना प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर संबंधी कार्य में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा इसके बाद शाम साढ़े चार बजे मीडिया प्रतिनिधियों के लिए भी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जायेगा

इसमें प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी गई कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शमीमउददीन ने बताया कि प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया जायेगा जिले में लोकसभा चुनाव निर्वाचन के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत भगौरिया हाट बाजार में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है होलिका दहन प्रदेश में आज होलिका दहन का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जायेगा इसी के साथ रंगों का पर्व होली शुरू हो जायेगा जो पांच दिनों तक चलेगा आज रात में होली जलाई जायेगी अगले दिन कल लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की शुभकामनाएं देंगे होली के अवसर पर आज इन्दौर के राजवाड़ा में शाम को होलकर राजवंश की परंपरानुसार पूजा होगी होलिका दहन के लिए अनेक समाजसेवी संगठनों ने गोबर के कंडो का उपयोग किये जाने की अपील की है इस बार पेड काटने से बचाने के लिए भोपाल में वन विभाग के सहयोग से गो कास्ठ का विक्रय किया जा रहा है जबलपुर में भी गोबर से बनी लकड़ी का उपयोग होलिका दहन में किया जायेगा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज संध्या आरती के दौरान भगवान महाकालेश्वर को गुलाल चढ़ाया जायेगा इसके बाद देर शाम होलिका दहन होगा होली के अवसर पर प्रदेशभर के बाजारों में दुकानों को विशेष रूप से सजाया गया है जहां रंग गुलाल पिचकारियों को खरीदने वालों की भीड़ बढ़ रही है भोपाल नरसिंहपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में जिला प्रशासन ने नागरिकों से होली का त्यौहार शांतिप्रय तरीके से मनाने की अपील की है

इसके तहत आवासीय परियोजना बनाने वाले अपने निर्माणाधीन मकानों के लिए बिना इनपुट टैक्स केडिट के नई संशोधित कम दर का चुनाव कर सकते हैं या इस पर लागू पुरानी दर पर भी बने रह सकते हैं राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डे ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल माह या इसके बाद शुरू होने वाली आवासीय परियोजनाओं के निर्माणकर्ताओं को पिछले महीने जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित वस्तु और सेवा कर की नई दर को स्वीकार करना होगा

जिले के अल्लावेली की चौकी पर तलाशी के दौरान एक वाहन से यह आभूषण जब्त किये गये इस संबंध में पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है महिला फुटबाल पांचवें सैफ महिला फुटबॉल ट्र्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा

फाइनल मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान और अधिक बढ़ेगा इसका कारण हवा का रूख उत्तर पूर्व की दिशा में होने को माना जा रहा है इसके साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बने विक्षोभ के खत्म होने से भी तापमान में बढ़ौतरी हो रही है

होली के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर विशेष इंतेजाम किये हैं

इसमें मौसम आंकलन के उपकरणों के बारे में विद्यार्थियों को बताया जायेगा

आज होगा जगह जगह होलिका दहन